बैठक की अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने की बैठक में उत्तरी क्षेत्र के निदेशकों ने हिस्सा लिया बैठक के दौरान राज्यों में बैंकों की स्थिति साख जमा औसत और स्टार्ट अप स्टैंड अप तथा मुद्रा योजनाओं की प्रगति पर विचार किया गया श्री पटेल ने बैंकों को सरकारी की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक आसानी से पहुंचाने का निर्देश दिया उन्होंने बैंकों से ऋण वितरण में उदारता दिखाने को भी कहा रिजर्व बैंक ने अपने नाम का उपयोग कर लोगों को ठगने की बढ़ रही गतिविधियों के बीच आम लोगों को जालसाजों से सचेत रहने को कहा है केन्द्रीय बैंक ने कहा है कि इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोग आरबीआई के नाम का उपयोग करके धोखाधड़ी करते हैं ये तत्व आरबीआई के नकली लेटर हेड का उपयोग करते हुए आरबीआई के कर्मचारी होने के नाम पर ई मेल भेजते हैं और लोगों को विदेशों से लॉटरी जीतने तथा विदेशी मुद्रा में सस्ते धन के प्रेषण का प्रलोभन देते हैं इसके बदले उनसे विभिन्न शुल्क के रूप में धन की वसूली करते हैं रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंक की ओर से ऐसा कोई भी फोन कॉल या ई मेल नहीं किया जाता है नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण गंडक बागमती कमला बलान कोसी महानंदा और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में लगातर वृद्धि से उत्तर बिहार के कई जिलों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है गंडक नदी गोपालगंज के ड्मरिया घाट में और बागमती नदी मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं अधवारा समूह की नदियां दरभंगा के कमतौल में खतरे के निशान से मात्र एक मीटर नीचे है वहीं कमला बलान झंझारपुर में लाल निशान से पंद्रह सेंटीमीटर ऊपर बह रही है कोसी नदी सुपौल के बसुआ और खगड़िया के बलतारा में खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी है वहीं महानंदा नदी पूर्णिया के ढेंगरा घाट और कटिहार के झावा में खतरे के निशान को पार कर गयी है कटिहार में महानंदा नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी के कारण तटवर्ती गांवों में लोगों को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है वहीं अररिया के सिकटी बिलायती बाड़ी में पुल के ध्वस्त हो जाने से सिकटी से पड़रिया दहगामा पंचायत का सड़क संपर्क ट्रट गया है किशनगंज के दिघल बैंक और अररिया के पलासी तथा जोकीहाट प्रखंडों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गयी है खगड़िया सुपौल और मधेपुरा जिले में कोसी नदी के जलस्तर में हो रही वृद्धि को देखते हुए तटबंधों पर चौकसी बढ़ा दी गयी है इधर मध्रबनी जिले के योगिया और पदमा गांव के बीच कमला बलान का पानी प्रवेश कर गया है लदनिया में कटाव के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एक सौ चार पर आवागमन को बंद कर दिया गया है पश्चिमी चंपारण जिले के दर्जनों गांव बाढ़ से धिर गये हैं मुजफ्फरपुर के औराई में बागमती नदी के उत्तरी और दक्षिणी तटबंध पर कटाव जारी है इधर शिवहर में बागमती नदी का जलस्तर घटने से राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या एक सौ चार पर आवागमन चालू हो गया है राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने जदयू को महागठबंधन में शामिल किये जाने के लिये कांग्रेस की ओर से किये जा रहे प्रयासों पर सवाल उठाया है आज पटना में राजद के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री यादव ने कहा कि जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हाल के उपचुनाव में जनता ने ठुकरा दिया है महागठबंधन में उन्हें कैसे शामिल किया जा सकता है राजद नेता ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री पद का लालच नहीं है तेजस्वी यादव ने कहा कि पिछले वर्ष महागठबंधन टूटने के समय जैसा माहौल था प्रदेश में फिर वैसी ही स्थिति उत्पन्न हो गयी है इधर जदयू ने तेजस्वी प्रसाद यादव के बयान को खारिज करते हुए आरोप लगाया कि राजद में सत्ता के लिये संघर्ष चल रहा है पार्टी प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि आने वाला समय में राजद में टूट तय है भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कांग्रेस पर पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं करने का आरोप लगाया है आज पार्टी के अति पिछड़ा मोर्चा की कार्यसमिति की बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आज भी कांग्रेस केन्द्र की नौकरियों में आरक्षण के लिये पिछड़ा वर्ग के वर्गीकरण के लिये गठित आयोग का विरोध कर रही है उन्होंने राजद पर भी पिछड़ा वर्ग के लोगों की उपेक्षा का आरोप लगाया केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की अध्यक्षता में मैथिली भाषा और इसकी लिपि के विकास तथा संरक्षण के लिये गठित समिति की आज नई दिल्ली मे बैठक हुई बैठक में श्री जावड़ेकर ने समिति को मैथिली और इसकी लिपि के विकास तथा संवर्द्वन के लिये आवश्यक कदम उठाने को कहा केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सोशल मीडिया पर अफवाहों के जरिये भीड़ को हिंसा के लिये उकसाने पर रोक लगाने के लिये आवश्यक कदम उठाने को कहा है पिछले दिनों महाराष्ट्र में बच्चा चोरी की अफवाह फैलाकर भीड़ द्वारा पीट पीटकर हत्या करने किये जाने के मामले के बाद गृह मंत्रालय ने यह निर्देश जारी किया है मंत्रालय ने राज्यों को ऐसी अफवाहों पर नजर रखने उनसे निपटने के लिए संवेदनशील इलाकों की पहचान करने और लोगों में आपसी भरोसा कायम करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने को भी कहा है गृह मंत्रालय ने इस बात पर भी जोर दिया है कि बच्चों को उठाने और अपहरण करने की शिकायतों की समुचित जांच की जाए ताकि पीड़ित व्यक्तियों में व्यवस्था के प्रति विश्वास बढ़ सके केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा है कि सरकार दो हजार बाईस तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए वचनबद्ध है नई दिल्ली में अपने निवास पर देशभर से आये किसानों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि सरकार उत्पादकता में वृद्धि खेती की लागत में कमी लाने और फसल कटने के बाद बाजार ढांचा प्रबंधन पर जोर दे रही है खरीफ की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में डेढ़ गुनी वृद्धि के सरकार के निर्णय पर आभार व्यक्त करने आये इन किसानों से कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार एक नये बाजार ढांचे पर काम कर रही है ताकि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिलना सुनिश्चित हो सके प्रदेश के सभी प्रखंडों में नौ जुलाई को किसान क्रेडिट कार्ड वितरण शिविर का आयोजन किया जायेगा कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इसके बाद नियमित रूप से हरेक महीने की पंद्रह तारीख को केसीसी कैंप लगाकर किसानों को तत्काल ऋण दिया जायेगा प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण और गन्ना उद्योग मंत्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद को अज्ञात अपराधियों ने जान से मारने की धमकी दी है इस सिलसिले में श्री फिरोज ने द्वारा पटना के कोतवाली थाना में दर्ज करायी गई प्राथमिकी में कहा गया है कि उनके सरकारी मोबाइल पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर जद यू छोड़ने को कहा और ऐसा नहीं करने पर गोली मारने की धमकी दी गई पुलिस मामले की जांच कर रही है श्रावणी मेले के दौरान कांवरियों और श्रद्धालुओं के साथ आपराधिक घटनाओं तथा ठगी को रोकने के लिये मुंगेर पुलिस के जवान वेष बदलकर कांवर यात्रा पर नजर रखेंगे मुंगेर प्रक्षेत्र के पुलिस उपमहानिरीक्षक जितेन्द्र मिश्र ने बताया कि ये पुलिसकर्मी मेले के दौरान अठाईस जुलाई से छब्बीस अगस्त तक कांवरियों के वेष में तैनात रहेंगे

शेखपुरा जिले के मेहुष गांव में अपराधियों ने एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी वहीं बांका जिले के शंभुगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत घोसपुर गांव में अपराधियों ने घर में घुसकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी पुलिस ने आपसी विवाद को हत्या का कारण बताया है वैशाली जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के सिरसा राम राय में पुलिस ने छापेमारी कर दो सौ चौंतीस कार्टन शराब के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है वहीं बेगूसराय जिले के बलिया थाना क्षेत्र के मकसूदनपुर दियारा से पुलिस ने दो सौ कार्टन शराब बरामद की है दरभंगा जिले के मब्बी सहायक थाना क्षेत्र के मखनाही गांव के पास पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक ट्रक से एक सौ कार्टन शराब बरामद की है